अयोध्या मामलें में उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ आज से करेगी सुनवाई

राज्यसभा ने कल रात इसे पास किया जबकि लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है

विधेयक को प्रवर समिति के विचार के लिए भेजने का एआईएडीएमकेवामपंथी दलों और अन्य सदस्यों का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया

उन्होंने कहा कि इस विधेयक को अच्छी मंशा के साथ लाया गया है और इसका उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है मोदी आरक्षण प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरक्षण विधेयक के पारित होने को सामाजिक न्याय की जीत बताया है उन्होंने कहा कि यह कानून युवा वर्ग को अपना कौशल दिखाने और देश का स्वरूप बदलने की दिशा में योगदान के व्यापक अवसर सुनिश्चित करेगा श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्हें संविधान संशोधन विधेयक पारित होने पर प्रसन्नता है इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस विधेयक को व्यापक समर्थन मिलने से खुश हैं उन्होंने कहा कि इस विधेयक का पारित होना संविधान निर्माताओं और उन महान स्वंतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्वांजलि है जिन्होंने एक मजबूत और समावेशी भारत की परिकल्पना की थी प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में इस विधेयक पर खुल कर चर्चा हुई और विभिन्नं सांसदों ने अपनी बेबाक राय रखी विधानसभा उपाध्यक्ष राज्य विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए चूनाव होने की संभावनायें बढ़ गई हैं विधानसभा में पिछले कई वर्षो की परंपरा के अनुरूप उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के किसी सदस्य को जाता रहा है लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अपने उम्मीदवार नर्मदा प्रसाद प्रजापति की जीत के बाद अब उपाध्यक्ष पद के लिए विधायक हिना कांवरे को मैदान में उतारा है सुश्री कांवरे ने कल विधानसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल किया इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह सहित कई कांग्रेस विधायक मौजूद थे वहीं भाजपा की ओर से जगदीश देवड़ा ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा मध्यप्रदेश की नवगठित पंद्रहवीं विधानसभा के पहले सत्र के चौथे दिन आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी अयोध्या सुनवाई उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि स्वामित्व विवाद के मामले पर आज से सुनवाई शुरू करेगी इस पीठ में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई तथा न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एन बी रामन्ना यू यू ललित और डी वाई चन्द्रचूड़ शामिल हैं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दो दशमलव सात सात एकड़ भूमि को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर बांटने का आदेश दिया था

अगर लड़कियाँ पढ़ेंगी तो आत्मनिर्भर बनेंगी अच्छी माताएँ बनेंगी और देश के विकास में अपना योगदान भी देंगी उन्होंने कल भोपाल में पुस्तक वितरण कार्यक्रम में शिक्षिकाओं और छात्राओं से कहा कि वह शिक्षिका रही हैं इसलिये शिक्षा का शिक्षकों का और पुस्तकों का महत्व समझती है राज्यपाल ने कहा कि प्रायमरी टीचर हमेशा बच्चों की स्मृतियों में रहता है वही उसका आदर्श भी होता है ऐसे में प्रायमरी टीचर को इस बारे में सजग रहकर अपना शिक्षण कार्य करना चाहिये उन्होंने कहा कि बच्चों की शारिरिक मानसिक और आर्थिक स्थिति के साथ साथ उसके परिवेश के बारे में शिक्षक को जानकारी होना जरूरी है श्रीमती पटेल ने शिक्षिकाओं से कहा कि पढ़ाने के लिये पढ़ना जरूरी है वे अपने विषय में विशेषज्ञता के साथ साथ अन्य रूचिकर और जनरल नॉलेज की पुस्तकें भी पढ़ें जिससे वे बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकें

इस वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक समय पर नहीं पहँच पाता है

आवास योजना राज्य सरकार ने शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली किस्त के बाद दूसरी और तीसरी किस्त मिलने में होने वाली दिक्कत को दूर किया गया है अनुदान देने के नियमों को संशोधित कर सरल बनाया गया है अब हितग्राहियों को सिर्फ निर्धारित जियो टेगिंग स्तर पूरा होने के बाद अधिकतम तीन दिन के अन्दर पहली दूसरी और तीसरी किस्त दी जाएगी नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली किस्त के बाद हितग्राहियों को दी जाने वाली दूसरी किस्त में काफी परेशानी होने का उल्लेख किया था उन्होंने कहा कि एक बार हितग्राही को आवास उपलब्ध होने के बाद उसे आसानी से किस्त प्राप्त हो इस संबंध में सभी को निर्देश दें

मेजबान मध्यप्रदेश को समूह डी में आन्ध्रप्रदेश पुडुचेरी आदि टीमों के साथ रखा गया है मध्यप्रदेश आज शुरूआती मुकाबले में आन्ध्रप्रदेश के खिलाफ मैच खेलेगा

भिंड जिले के मेहगॉव में विकासखंड स्तरीय गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता के तहत पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता प्रतिभागियों को ईनाम राशि वितरित की गई

छिन्दवाड़ा में कल पूर्व सैनिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया